और मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया

इनमें बस चालक भी शामिल है मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के करीब पच्चीस जवानों को लेकर एक बस कड़ेनार से नारायणपुर की ओर जा रही थी धौड़ाई और पल्लेनार के बीच माओवादियों ने इस बस को निशाना बनाते हुए आईईडी के तीन विस्फोट किए ये विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि बस चालक सहित तीन जवानों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य जवानों ने नारायणपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया इस घटना में बारह अन्य जवान घायल भी हुए हैं इनमें से तीन जवानों की हालत गंभीर है जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है वहीं सामान्य रूप से घायल अन्य जवानों का इलाज नारायणपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है उन्होंने कहा है कि यह घटना माओवादियों की हताशा का परिणाम है मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज किया जाएगा कैबिनेट वैक्सीन केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से पैंतालीस वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड नाइंटीन टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड नाइंटीन से बचने के लिए एक ढाल है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बत्तीस लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान इन राज्यों में अस्सी दशमलव नौ प्रतिशत नये मामलों की पुष्टि हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दस राज्यों में दैनिक मामलों में बढोतरी देखी जा रही है ये राज्य हैं महाराष्ट्र गुजरात पंजाब मध्यप्रदेश दिल्ली तमिलनाडु छत्तीसगढ कर्नाटक हरियाणा और राजस्थान इधर छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या स्थिर रूप से बढ़ रही है

इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के डेढ़ हजार नये मामले सामने आए हैं

वर्तमान में करीब नौ हजार मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है

इस बीच राज्य के संस्कृति विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी नये सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं राज्य में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है हालांकि स्कूल बंद रहने के दौरान सभी शिक्षिकों और अन्य स्टाफ को नियमित रूप से स्कूल आना होगा

कोरोना आंगनबाड़ी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं सार्यजनिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण चौपाल समूह की बैठकों पर भी पाबंदी लगा दी गई है पोषण पखवाड़ा में सार्वजनिक कार्यक्रम बैठकों को छोड़कर अन्य गतिविधि जारी रहेंगी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद रखे जाने की अवधि में तीन से छह वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके घर पर ही रेडी टू ईट का वितरण किया जाएगा इस बीच प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत विकासखंड और संकुल स्तर पर आयोजित स्वयंसेवी शिक्षकों का ऑफलाइन प्रशिक्षण और ऑफलाइन साक्षरता कक्षाएं भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं इधर दुर्ग जिले में ऐहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर ने सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे और कोई अन्य आयोजन नहीं होंगे शादी अंत्येष्टि और अन्य कार्यक्रमों में केवल पचास व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है

इस बीच महासमुंद के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी एनके मंडपे ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है उन्होंने सभी पात्र लोगों से अपना पंजीकरण कराकर कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है

अब राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का संशोधित लक्ष्य सत्रह करोड़ मानव दिवस हो गया है वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की शुरूआत में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े तेरह करोड़ मानव दिवस निर्धारित था प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मनरेगा के अंतर्गत सत्रह करोड़ बीस लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है मुख्यमंत्री पेंशन योजना मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत में आवेदन दिए जा सकते हैं वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में आवेदन दिए जा सकेंगे शहादत दिवस श्रद्धांजलि कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित कर रहा है वर्ष उन्नीस सौ इकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्व उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्दांजलि स्वरूप आज दो फिल्म प्रदर्शित कर रहा है अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी के दिन तक भगत सिंह की जीवनगाथा को दिखाया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शहीद दिवस के अवसर पर देश के महान सपूतों भगत सिंह सुखदेव और राजगुरू को नमन करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है भिलाई में आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहादत दिवस पर रैली निकाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेन्दु सक्सेना ने बताया है कि बीते दिनों बेंगलूरू में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रस्ताव पारित किए गए बैठक में एक प्रस्ताव श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संबंध में पारित किया गया वहीं द्रसरा प्रस्ताव वैश्विक महामारी कोविड नाइंटीन से संबंधित था इसमें बताया गया कि कोविड संकट काल के दौरान स्वयं सेवकों ने लोगों को सेनिटाइजर मास्क और फूड पैकेट उपलब्ध कराए इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख कनीराम भी उपस्थित थे

इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा सहित पूरी टीम को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने लेखक संजीव बख्शी को भी बधाई दी है जिनके उपन्यास भूलन कांदा पर यह फिल्म आधारित है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि फिल्म भूलन द मेज को मिले इस सम्मान से छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई पहचान मिलेगी तथा फिल्म उद्योग को और बेहतर अवसर मिलेंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी में नया बजट नये लक्ष्य विषय पर बातचीत करेंगे इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष क्रमांक शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर चौबीस पच्चीस तथा छब्बीस मार्च को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके श्रोता अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सत्रहवीं कड़ी का प्रसारण आगामी ग्यारह अप्रैल को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडिया और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच होगा मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी भी हुई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है

संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने मनरेगा और अन्य योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण कार्यो के संपादन के लिए मोहन चेरियन सैमुअल को सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालक नियुक्त किया है बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा पुलिस ने मदद के बहाने एटीएम पहुंचने वाले लोगों से ठगी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने ग्यारह नग सागौन सिल्ली के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है रायगढ़ वनमंडल के बरमकेला वन परिक्षेत्र में विद्युत करंट बिछाकर सांभर का अवैध शिकार करने वाले दो फरार आरोपियों को भालूपानी से गिरफ्तार किया गया है दुर्ग में पुलिस ने दस पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जब्त शराब की कीमत करीब एक लाख रूपये बताई जाती है और राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस ने एक कार से आठ पेटी विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है